मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस आज देशभर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है

इस योजना के पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं

सरकार ने इस योजना पर अब तक सात सौ करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक दो वर्ष में किसानों को मुदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी दूर करने के उपाय किये जा सकें इस योजना का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि किसानों को मिट्टी की सेहत की जानकारी होनी चाहिए उन्होंने कहा था कि यदि मिट्टी सेहतमंद नहीं होगी तो कृषि उपज नहीं बढ़ेगी

इस कार्यक्रम के तहत किसानों द्वारा मृदा परीक्षण की संस्तृति के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है

इस बीच कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए इसके व्यापक प्रचार प्रसार और किसानों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से आज मुदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस का आयोजन किया जा रहा है

इस अवसर पर मख्यमंत्री ने कहा कि यह कुमाऊं मंडल का पहला बड़ा उपसंस्थान है इसके बनने से अब बिजली की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी इस आधुनिक उपसंस्थान को देहरादून से भी संचालित किया जा सकेगा उन्होंने अल्मोड़ा प्रशासन और एनआईसी द्वारा विकसित जागेश्वर मंदिर प्रबन्धन समिति के पोर्टल का उद्घाटन भी किया इसके अलावा मुख्यमंत्री और परिवन मंत्री यशपाल आर्या ने आज बिलौना में रोडवेज बस अड्डे का उद्घाटन कर दिल्ली के लिए दो बसों को हरी झंड़ी दिखाकर रवाना किया राज्यपाल दीक्षांत समारोह राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि सोशल मीडिया के युग में आज सम्पर्क और एवं संचार के लिए अनेक संसाधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोगसंस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए किया जाना चाहिए कल हरिद्वार में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत को आमजन की भाषा बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाना जरूरी है संस्कृत से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं योग आयुर्वेद ज्योतिष खगोल विज्ञान जैसे ज्ञान मूल रूप से संस्कृत में ही उपलब्ध हैं इनका अध्ययन करने के लिए संस्कृत शिक्षा को सशक्त होना होगा

जनणना का कार्य पारदर्शी और त्रुटिमुक्त हो इसके लिए जिलाधिकारी वीषणमुगम ने जिलास्तरीय चार्ज अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है इस दौरान जनगणना की बारिकायों के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से चार्ज अधिकारियों को विस्तृत जनकारी दी जा रही है जिलाधिकारी ने चार्ज अधिकारियों को बताया कि जनगणना कार्य में समय और तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है निर्धारित समयावधि से पहले या डेडलाईन समय तक यह कार्य शतप्रतिशत शुद्धि के साथ पूरा होना है

उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ी है

इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी जरूरी है उन्होंने कहा कि देहरादून में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई इस प्रकार की नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए युवा अपने देश और प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं ड्रोन और इससे सम्बन्धित तकनीकी शिक्षा से युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे

इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीधे सरकार से सम्पर्क कर किसी भी विषय में अपने सुझाव दे सकता है मुख्यमंत्री ने जीआईएस बेस्ड ड्रोन मैपर सॉफ्टवेयर का भी विमोचन किया ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से तैयार इस सॉफ्टवेयर के द्वारा फोटो को कैप्चर करने उडी मॉडल बनाने और डाटा विश्लेषण किया जा सकेगा

मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाए रहे इसके चलते अपेक्षाकृत ठंडक में हल्की बढ़ोत्तरी महसूस की गई उत्तराखंड के मौसम में तब्दीली पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आई है

उन्होंने अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी तैयारियां चाकचौबंद करने के निर्देश दिए उन्होंने अधिशासी अभियंता डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को गौरीकुंड में काम कर रहे मजदूरों और यात्रियों के लिए अलग अलग बारह बारह शौचालय बनाने को कहा है साथ ही गौरीकुंड से भीमंबली के बीच प्रत्येक तीन सौ मीटर की दूरी पर कम्पोस्ट पिट तैयार करने के साथ ही यात्रियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल संस्थान के अधिकारियों को मरम्मत के निर्देश दिए हैं उन्होंने विद्युत विभाग को क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों की मरम्मत और खराब तारों को बदलने के निर्देश दिए हैं

घोड़े खच्चरों के लिए प्रत्येक चार सौ मीटर की दूरी पर पानी की चरी बनाने को कहा है साथ ही जिला पंचायत और नगरपालिका गुप्तकाशी को गौरीकुंड में सफाई के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं

प्रदेशभर में मंदिरों को भव्य ढंग से सजाया जा रहा है देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी महा शिवरात्रि की तैयारियां की जा रही हैं

लाइटों के साथ ही फूलों से भी मंदिर को सजाया जा रहा है टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्ण गिरि ने बताया कि मंदिर में महा शिवरात्रि पर्व पर आने वाले भक्तों के लिए भगवान शंकर का विशेष प्रसाद केसरयुक्त दूध दिया जाएगा मंदिर में देश और विश्व कल्याण के लिए विशेष पूजा की जाएगी